मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ये शिविर ग्राम सेवा सहकारी समिति या अटल सेवा केन्द्र पर आयोजित होंगे

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में किया जायेगा श्री गुप्ता ने बताया कि ग्राम स्तर पर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविरों का आयोजन एक जून से शुरू होगा चित्तौड़गढ़ जिले में एक अदालत ने श्रीसांवलियाजी मंदिर मंडल कोष से तीर्थस्थल मातकुण्डिया में बनने वाले भगवान परशुराम पैनोरमा के लिए राशि खर्च करने पर रोक लगा दी हैं मंडफिया के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कल ये आदेश दिये गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मातकृण्डिया में बनने वाले इस पैनोरमा का शिलान्यास किया और इसमें खर्च होने वाली राशि श्रीसांवलियाजी मंदिर मंडल से देने की घोषणा की इसके बाद मंदिर मंडल क्षेत्र के आम नागरिकों ने अदालत में मंदिर मंडल अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरूद्व याचिका दायर की

इस तारीख से पहले परिणाम घोषित होने पर उसे याचिका के अधीन रखने के आदेश दिए गए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामशंकर कथेरिया आज जयपुर आयेगें प्रोफेसर कथेरिया अनुसूचित जाति के सांसदों विधायकों सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेगे इसके बाद वे शासन सचिवालय में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की विभिन्न विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा करेगें गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि उदयपुर शहर को सुंदर बनाने के लिये इस मानसुन से पहले शहर और आसपास के क्षेत्रों में एक लाख से अधिक पौर्ध लगाये जायेंगे श्री कटारिया कल उदयपुर में शहर में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे गृहमंत्री ने कहा कि पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान पौधे उपलब्ध कराने का दायित्व वन विभाग का रहेगा जयपुर में आईपीएल इलेवन के मैचों पर सट्टा लगाने के मामले सामने आने के बाद तीन थानों के थानाधिकारियों को लाईन हाजिर कर दिया गया पुलिस आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि इन थाना क्षेत्रों में रविवार रात सद्दा लगाने के आरोप में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था जयपुर जिले में प्रशासन ने प्लास्टिक कैरी बैग्स की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरु किया है

इस दौरान विभिन्न दुकानदारों और खरीददारो से करीब पांच हजार रूपये का जुर्माना भी वसूला गया

ये कार्यक्रम हर महीने प्रसारित होता है कार्यक्रम में लोग अपने सुझाव और विचार माय जी ओ वी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी बोर्ड कार्यालय में कल शाम परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है कोटा में जिला कलक्टर ने कल मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों की समीक्षा बैठक की बैठक में उन्होंने तीसरे चरण के शेष कार्यों को समय पर पूरा कराने और चौथे चरण के लिए प्री सर्वे का काम जल्द कराने के निर्देश दिये जिला कलक्टर ने कहा कि सभी कार्यों को अगले महीने तक पूरा कराते हुए उनकी निरन्तर निगरानी की जाये जयपुर में पुलिस ने एक ऑटो चालक रामकेश यादव को सजग औरं जागरुक नागरिकता का परिचय देने पर सम्मानित किया हैं पुलिस आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि रामकेश यादव ने पिछले साल सितम्बर में सिलिगुड़ी से अपने फेसबुक फ्रैंड से मिलने आई लड़की को बचाया था